प्रदेश में नई पर्यटन नीति को मिली मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुए कई अहम फैसले

ऐसे एप देश की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह समझे गये हैं इससे मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले करोड़ों भारतीयों के हितों की रक्षा होगी इस फैसले का लक्ष्य भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना है प्रतिबंधित मोबाइल एप में पबजी मोबाइल नार्डिक मेपरू लिविक पबजी मोबाइल लाइट वीचैट वर्क वीचैट रीडिंग साइबर हंटर लाइफ आफ्टर और वारपथ प्रमुख हैं

यह कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण का आधार होगा ताकि वे विश्वभर से उत्कृष्ट कार्य पद्धतियां सीखते हए भारतीय संस्कृति से भी निरंतर जुडे रहें केन्द्रीय मंत्री प्रकश जावडेकर ने कहा कि कर्मयोगी स्कीम मानव संसाधन विकास की दिशाा में सरकार की सबसे बड़ी पहल होगी

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस घोषणा के अनुपालन पर कड़ी नजर रखेगा और भुगतान नहीं किए जाने के मामलों को संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों और प्रतिष्ठानों तथा राज्य सरकारों के साथ उठाएगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपूर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके तहत गांवों और शहरों तक पर्यटन बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के गठन और नई नीति के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों की एक राज्य स्तरीय समिति बनाई जाएगी इस नीति में जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास समिति को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं पयर्टन विभाग राज्य में कौशल केन्द्रों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक मास्टर ट्रेनर्स अकादमी स्थापित करेगा

इसके अलावा नशा मुक्ति केन्द्रों के संचालन के लिए नियम बनाने की स्वीकृति दी है

इससे सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के सभी शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे इसके लिए अब साक्षात्कार नहीं होगा इसके अलावा कई विभागों में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी प्रदेश में कोविड कोष के लिए मुख्यमंत्री मंत्री विधायक अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी

इस राशि का उपयोग कोविड महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा

कंपनी की ओर से राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस परियोजना एयरक्राफ्ट रखरखाव से संबंधित एक परियोजना विकसित करने का प्रस्ताव है

सभी मंत्रालयों विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अब डिजिटल या ऑनलाइन तरीका अपनाएंगे वित्त मंत्रालयने कहा है कि सभी क्षेत्रो में ई बुक्स के उपयोग को प्रोत्साहितकिया जाएगा किसी भी मंत्रालय और विभाग में आने वाले वर्ष के दौरान कैलेंडरडेस्कटॉप कैलेंडर डायरी जैसी अन्य सामग्री काप्रकाशन नहीं होगा

कल जोधपुर से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट रवाना हुई

बोर्ड ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के साथ ही मास्क लगाकर आने को कहा गया है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की सैकंडरी और सीनियर सैंकडरी परीक्षाएं भी आज से हो रही हैं